आओ कोरोना को हराए कोविड उचित व्यवहार के पालन को जन आंदोलन बनायें कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

स्रक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कोरोना संकट के इस दौर में हर कोई टीकाकरण के महत्व से जागरूक हो रहा है

श्री मोदी ने कहा कि अब कॉर्पोरेट सेक्टर तथा कंपनियां भी वैक्सीन लगाने के कार्यक्रम में भाग ले सकेगी उन्होंने कहा कि केन्द्र का मुफ्त टीका कार्यक्रम चल रहा है वह भी जारी रहेगा प्रधानमंत्री ने राज्यों से इसका लाभ उनके राज्यों के अधिक से अधिक लोगों तक पहंचाने की अपील की उन्होंने लोगों से वैक्सीन लेने सावधानियां बरतने और स्रक्षित रहने के लिए कहा प्रधानमंत्री ने कहा कि हमे दवाई भी कड़ाई भी के मंत्र को नहीं भूलना चाहिए

श्री मोदी ने कहा फार्मा उदयोग के लोग वैक्सीन निर्माता जो ऑक्सीजन उत्पादन से जूड़े है तथा चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञों ने सरकार को अपने बह्मूल्य सुझाव दिये है

डॉक्टर ने कहा कि अगर लोग सरकार दवारा प्रदान की गई जानकारी की पालना करते है तो उन्हें कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा डॉ जोशी ने कहा कि रेमडेशिविर की एक सीमित भूमिका है और इसे केवल तब लिया जाना चाहिए जब लोगों को अस्पताल में ऑक्सीजन पर रखा जाये और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लिया जाये श्री मोदी ने कहा कि नर्सिंग स्टाफ के सैकड़ों और हजारों भाई बहन अपने कर्तव्यों का बेहतरीन तरीके से पालन कर रहे है और यह सभी के लिए बड़ी प्ररेणा है उन्होंने अपने स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देने और अपने परिवार का ध्यान रखने का आग्रह किया

श्री मोदी ने कहा कि यह सच है कि कई लोग कोरोना को संक्रमित हो रहे है हालांकि कोरोना से उबरने वाले लोगों की संख्या समान रूप से अधिक है गुरूग्राम की प्रीति चत्र्वेदी से बात की जिन्होंने हाल ही में उन्होंने कोरोना को हराया था

प्रधानमंत्री ने कहा आज की मन की बात ने कोरोना महामारी पर ध्यान केन्द्रित किया क्योकि बीमारी को हराना सबसे बड़ी प्राथमिकता है श्री मोदी ने भगवान महावीर जयंती पर लोगों का श्भकानायें दी उन्होंने कहा कि भगवान महावीर के संदेश लोगों को दृढ़ता और संयम की ओर प्रेरित करते है

श्री मोदी ने कहा कि वे सभी हमें कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करते है उन्होंने कहा कि एक नागरिक के रूप जितना अधिक हम अपने जीवन में योग्यता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे उतनी ही तेज़ी से हम भविष्य के रास्ते पर संकट से मुक्त होकर आगे बढ़ेंगे

यह निणय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अस्प्तालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने की दिशा के अन्रूप है प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है कि इन प्लांट को जल्द कार्यात्मक बनाया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि ये संयंत्र विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में जिला मुख्यालयों के सरकारी अस्प्तालों में स्थापित किये जायेंगे उन्होंने कहा कि इसकी खरीदारी स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय दवारा की जायेगी

इसकी स्थापना डीआरडीओ करेगा इस अस्पताल का उपयोग आपातकालीन स्थिति में किया जायेगा

हरियाणा के मुख्यसचिव श्री विजय वर्धन ने जिला उपायुक्तों को निर्देश दिये है कि आरटी पीसीआर टैस्टिंग रिपोर्ट समयपर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें इसके साथ ही जिलों के सरकारी व गैर सरकारी अस्पतालों मे आईसीयू एवं ऑक्सीजन बैडस की उपलब्धता पर निगरानी रखे ताकि मरीज़ो की सही देखभाल हो सकें मुख्य सचिव आज राज्य स्तरीय क्राईसिस कार्डिनेशन कमेटी की वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे